यह संबोधन हिन्दी में शाम सात बजे से आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चौनलों पर प्रसारित किया जायेगा हिन्दी के बाद अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण होगा आकाशवाणी से राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण प्रादेशिक भाषाओं में क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात साढ़े नौ बजे से किया जायेगा स्वतंत्रता दिवस पर कल प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराएगे और नई दिल्ली के ऐतिहासिक लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को सम्बोधित करेंगे स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को देखते हए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है लालकिले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन का कल पूर्वाभ्यास किया गया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नौ सौ छब्बीस पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है दो सौ पन्द्रह पुलिसकर्मियों को विशिष्ट साहसिक कार्यवाई के लिए वीरता का पुलिस पदक तथा अस्सी पुलिसकर्मियों को असाधारण सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जायेगा प्रशंसनीय सेवा के लिए छः सौ इकतीस पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक देने की घोषणा की गई है दो सौ पन्द्रह वीरता पुरस्कार में से एक सौ तेईस पुलिसकर्मियों को जम्मू कश्मीर में उन्तीस कर्मियों को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में और आठ को पुर्वोत्तर क्षेत्र में साहसिक कार्रवाई के लिए ये पुरस्कार दिया जायेगा वीरता पुरस्कार पाने वालों में पचपन सीआरपीएफ इक्यासी जम्मू कश्मीर पुलिस तेईस उत्तरप्रदेश पुलिस सोलह दिल्ली पुलिस चौदह महाराष्ट्र बारह झारखंड और शेष अन्य राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से हैं देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान आठ लाख अड़तालिस हजार से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है लगातार दूसरे दिन आठ लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई देश प्रतिदिन दस लाख जांच करने की क्षमता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस उपलब्धि में केन्द्र और राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के एकजुट प्रयासों का विशेष योगदान रहा है साप्ताहिक आधार पर जांच की संख्या में भी काफी बढोत्तरी हुई है पिछले महीने के पहले सप्ताह में जहां दो लाख तीस हजार नमूनों का परीक्षण किया गया वहीं इस सप्ताह अब तक सात लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है देश में अब तक करीब सतहत्तर लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है प्रति दस लाख आबादी पर करीब बीस हजार लोगों की जांच की जा रही है इस वर्ष जनवरी में देश में सिर्फ एक जांच प्रयोगशाला थी जबकि इस समय देश में एक हजार चार सौ इक्यावन प्रयोगशालाओं में कोविड नाइन्टीन की जांच हो रही है इनमें से नौ सौ अट्ठावन सरकारी और चार सौ तिरानबे निजी जांच केन्द्र हैं देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या सत्रह लाख इक्यावन हजार से अधिक हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पचपन हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं स्वस्थ होने की दर इकहत्तर प्रतिशत से अधिक हो गई है जबकि मृत्यु दर दो प्रतिशत से भी कम हो गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में देश में कोरोना के चौंसठ हजार से अधिक मामलों का पता चला है करीब छह लाख बासठ हजार कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान इस संक्रमण से एक हजार सात लोगों की मृत्यु हुई इसके साथ ही अब तक अड़तालिस हजार से अधिक व्यक्तियों की जान जा चुकी है और अब आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृखंला में कोविड पर विशेषज्ञों की राय आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के सीताराम भरतीया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ डॉक्टर अमर चंद बजाज ने स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया जब तक हमारे पास उनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में न निकले तब तक हमें जो प्रीक्योशनरी मेजर्स है वो फोलो करने हैं जहां जरूरत न हो उसमें घर से बिल्कल बाहर न निकले कोशिश करे कम से कम बाहर निकलना और जबकि निकलना भी पडा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप दो लोग खड़े हैं करीब दो मीटर दूर खड़ें रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉ नरेश गुप्ता ने कहा कि ज्यादातर मामलों में कोविड नाइन्टीन का संक्रमण सीमित है और बहत कम रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की जरूरत पडती है संघ लोक सेवा आयोग ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि इस वर्ष सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा देने वाले आवेदकों की कोविड जांच की जाएगी खबरों में कहा गया था कि कोरोना संक्रमण से मुक्त आवेदकों को ही परीक्षा देने की अनुमति होगी संघ लोक सेवा आयोग ने इन खबरों को फर्जी करार दिया है और कहा है कि ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया आवेदकों से ऐसी खबरों पर विश्वास न करने को कहा गया है